आज जयपूर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी प्रदेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायक चेतन डूडी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने संयुक्त प्रेसवार्ता की श्री सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में अब एसओजी में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और जांच करने की मांग की गई है सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश कर रही है इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं इसमें प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेता भवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत के वायरल हुए ऑडियो के बारे में बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी सांजिश में शामिल हैं उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए

मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा है मैं एसओजी के सामने अपनी बात रखूंगा इधर कांग्रेस के बागी विधायकों को जारी किये गये नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दोपहर में फिर सुनवाई होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्च्यअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के दो दिन के दौरे पर है थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस दौरान उनके साथ है वे वहां पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे चीन के साथ हाल में सीमा पर तनातनी के बाद यह रक्षामंत्री का लद्दाख का पहला दौरा है

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है राजधानी जयपुर सहित अजमेर बांसवाड़ा बारां बूंदी चित्तौड़गढ़ धौलपुर डूंगरपुर झालावाड़ झुंझुनू कोटा प्रतापगढ़ राजसमंद सवाई माघोपुर सिरोही टोंक और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है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

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें